दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रायपुर और द्र्ग गोंदिया कलमना रेल खंडो में आवश्यक रख रखाव कार्य की वजह से कल से उनतीस जून तक कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा

मुख्यमंत्री कलेक्टर एसपी बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक नालों को रिचार्ज करने के निर्देश दिए हैं आज रायपुर में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर उन्होंने इसके लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा योजना भ्रमिगत जल की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण साबित होगी उन्होंने बैठक में इस मानसून में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने पर जोर दिया मुख्यमंत्री ने इंद्रावती खारून अरपा और सकरी नदी के घटते जलस्तर को देखते हुए तटवर्ती क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई के लिए शबरी नदी के किनारे सोलर पम्प लगाने पर जोर दिया मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पेयजल की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों से कहा कि अगले साल तक नगरीय क्षेत्रों को टैंकर मुक्त बनाने की कार्ययोजना को तेजी से अमल में लाया जाए बैठक में मुख्यमंत्री ने वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभाओं के प्नर्गठन किए जाने के लिए कहा साथ ही सामुदायिक वन अधिकार पट्टों के मामलों के साथ ही निजी पट्टे के आवेदनों का भी निराकरण प्राथमिकता से करने को कहा उन्होंने कलेक्टरों को वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सभी लंबित और खारिज प्रकरणों की समीक्षा करने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निराकरण में कलेक्टर तेजी लाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा गारंटी का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को लिए संभाग आयुक्त लगातार मॉनिटरिंग करने के अलावा तहसील कार्यालयों का दौरा करें उन्होंने कहा कि संभाग आयुक्त हर दिन कम से कम एक अधीनस्थ कार्यालय का निरीक्षण करें इसके अलावा उन्होंने जमीनों को बंदोबस्त संबंधी त्रटियों के निराकरण के लिए नियमित कैम्प लगाने की भी बात कही बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि सौर सुजला योजना के तहत बीस फीसदी बिजली कनेक्शन गौठानों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे मुख्यमंत्री चेंबर ऑफ कॉमर्स मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्यापारियों और उद्योगपतियों से लघु वनोपजों और कृषि से जुड़े उद्योग लगाने का आव्हान करते हुए कहा है कि उद्योग लगने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और व्यापार भी बढ़ेगा उन्होंने बताया कि कोण्डागांव में मक्का प्रसंस्करण इकाई लगाई जा रही है इसी तरह चावल पर आधारित उद्योग भी लगाए जाने चाहिए रायपुर में छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों की सुविधा के लिए टैक्स प्रक्रिया का सरलीकरण जरुरी है और जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार इसके लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार विमर्श करेगी डीजीपी आदर्श थाना पुलिस महानिदेशक डी एम अवस्थी ने राज्य के सभी जिलों में एक एक आदर्श थाना विकसित करने के निर्देश दिए हैं आज पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक में उन्होंने कहा कि इन थानों में सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए साथ ही थाना कर्मचारियों का व्यवहार मर्यादित होना चाहिए श्री अवस्थी ने कहा कि सभी पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि थाने में शिकायत लेकर आने वाला व्यक्ति संतुष्ट होकर वापस जाए पुरी स्वच्छ भारत केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार बीस लीग की शुरुआत की इसके तहत शहरों और नगरों में तिमाही आधार पर स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाएगा इस अवसर पर उन्होंने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम को हर साल नये सिरे से तैयार किया जाएगा ताकि यह प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सके और लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों में आया बदलाव चिरस्थायी बन सके आवास और शहरी कार्य मंत्री ने कहा कि आमतौर पर कहा जाता है कि किसी भी सर्वेक्षण से पहले शहरों को साफ कर दिया जाता है लेकिन बाद में सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जाता

इस दौरान प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को डोंगरगढ़ गोंदिया मेमू और बिलासपुर रायपुर मेमू रद्द रहेगी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 दीपक बैज इस्तीफा बस्तर से सांसद चुने जाने के बाद दीपक बैज ने चित्रकोट विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है विधानसभा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है चित्रकोट विधानसभा सीट रिक्त होने के संबंध में विधानसभा सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने अधिसूचना जारी कर दी है चित्रकोट से कांग्रेस विधायक दीपक बैज को पार्टी ने इस बार बस्तर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था लोकसभा चुनाव में दीपक बैज भाजपा के बैद्राम कश्यप को पराजित कर सांसद निर्वाचित हुए थे दीपक बैज के इस्तीफे के बाद अब दंतेवाड़ा के साथ साथ चित्रकोट में भी विधानसभा उप चुनाव होंगे दंतेवाड़ा से भाजपा विधायक भीमा मंडावी की माओवादी हमले में हुई हत्या के बाद यह विधानसभा सीट पहले ही रिक्त हो चुकी है सुकमा पुस्तकालय योजना सुकमा जिले में जिला प्रशासन के साथ साथ यूनीसेफ और रूम टू रीड के सहयोग से सौ प्राथमिक स्कूलों का चयन पुस्तकालय योजना के लिए किया गया है माओवाद प्रभावित इस जिले के नन्हें बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की जा रही है इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिला मुख्यालय में कलेक्टर जिला पंचायत और यूनीसेफ के अधिकारियों की एक कार्यशाला आयोजित की गई इसमें शिक्षा अधिकारी और इस योजना के तहत चुने हुए सौ स्कूलों के प्रधान पाठक उपस्थित थे राज्य पुरस्कार आवेदन खेल और युवा कल्याण विभाग ने विभिन्न पुरस्कारों और सम्मान के लिए पंद्रह जून तक आवेदन आमंत्रित किए हैं इन पुरस्कारों में शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार शहीद कौशल यादव पुरस्कार वीर हनुमान सिंह पुरस्कार शहीद विनोद चौबे सम्मान शहीद पंकज विक्रम सम्मान मुख्यमंत्री ट्राफी नगद राशि पुरस्कार खेल वृत्ति और खेल संघों को प्रेरणा निधि शामिल हैं ये पुरस्कार राज्य के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है मौसम पिछले दो दिनों से तेज गर्मी और उमस से बेहाल राजधानीवासियों को आज दोपहर बाद कुछ राहत मिली राजधानी रायपुर में तेज हवाओं के साथ ओले गिरे और बारिश हुई वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में भी आज हल्की से मध्यम बारिश होने के समाचार मिले हैं मौसम विज्ञानी एनएस मेहता ने बताया कि अगले दो तीन दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी खासकर दक्षिणी बस्तर में ज्यादा बारिश हो सकती है इस समय बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है वहीं उत्तरप्रदेश से कर्नाटक तक एक द्रोणिका बनी हुई है जिसके असर से छत्तीसगढ़ में भी मौसम बदला है संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा कल बीएड और डीएलएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी